उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहले ही प्राकृतिक खेती को अपना लिया है और किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है राज्यपाल ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में भी चालीस लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपनाना रहें है जागरूकता कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कसौली व सोलन विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को इलैक्ट्रिॅनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

उन्होंने मतदाताओं से इन कार्यक्रमों में आकर जानकारी हासिल करने का आग्रह किया है

इस अवसर पर शिमला समेत राज्य के विभिन्न भागों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस बीच राज्य के कई भागों में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी श्री गुरू रविदास महान संत दार्शनिक और कवि होने के साथ साथ उत्तरी भारत भक्ति आंदोलन के भी प्रमुख रहे हैं मौसम प्रदेश के ऊंचाई वालों में इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है

इस बीच कुल्लू जिला प्रशासन ने बर्फबारी और हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्थानों पर ना जाने की सलाह दी है इधर राजधानी शिमला और इसके आस पास के इलाकों में रूक रूक कर बर्षा का क्रम जारी है जबकि कुफरी नारकंडा व खड़ा पत्थर में ताजा बर्फबारी हुई है

विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है गिलोटिन जारी होने से पहले विपक्ष का वॉकआउट कांग्रेस विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर को बोले से रोकने पर भड़का विपक्ष मुख्यमंत्री ने की आलोचना दैनिक जागरण लिखता है बजट सत्र के बहाने आम चुनाम पर नजर विधानसभा सत्र समाप्त अब सड़कों पर दिखेगा सियासी संग्राम देश विरोधी टिप्पणी पर गिरफ्तार दो कश्मीरी छात्रों की ख़बर भी आज सभी अख़बारों में सचित्र प्रकाशित हुई है अमर उजाला की सुर्खी है सोलन में तीन कश्मीरी छात्रों पर देशद्रोह का केस नौणी व चितकारा विश्वविद्यालय ने किया सस्पेंड दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सोलन में धरे दो कश्मीरी छात्र तीन दिन के रिमांड पर आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है नहीं होने देंगे आउटसोर्स कर्मियों का शोषण सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देना भी सुनिश्चित किया जाएगा

दैनिका सवेरा टाइम्स लिखता है पहाड़ों की रानी शिमला में इलैक्ट्रिकल बस सेवा शुरू कर्मचारियों पैंशनरों को मार्च में मिलेगा चार फीसदी मंहगाई भत्ता अमर उजाला की ख़बर है अब एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकी मेहनत का फल में लिखता है कि फर्जी अंकतालिका बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि दोबारा कोई इस तरह किसी मेधावी की मेहनत पर पानी न फेर सके